आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्व है लेकिन आत्म सम्मान और संप्रभुता से समझौते की कीमत पर ऐसा हरगिज नहीं किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि बीसवीं शताद्दी में दो विश्व युद्वों में एक लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने शांति के लिए एक ऐसे युद्व में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था हमारी नजर किसी और की धरती पर कभी भी नहीं थी यह तो शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी कुछ दिन पहले ही हमने इम्राइल में हाइफा की लड़ाई के सौ वर्ष प्रे होने पर मैसूर हैदराबाद और जोधपर में लैंसर्स के हमारे वीर सैनिकों को याद किया जिन्होंने आक्रान्ताओं से हाइफा को मृक्ति दिलाई थी यह भी शांति की दिशा में हमारे सैनिकों द्वारा किया गया एक पराक्रम था आज भी यूनाइटेड नेसेंस की अलग अलग पीस कीपिंग फोर्सेज में भारत सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सैनिक भेजने के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है हमारे बहादुर सैनिकों ने नीला हेलमेट पहनकर पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निमाई है श्री मोदी ने कहा कि कल भारत के सवा सौ करोड़ देशवासियों ने दो हजार सोलह में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की याद में पराक्रम पर्व मनाया

देश में अलग अलग स्थानों पर हमारे सशस्त्र बलों ने एक्जिविस्स लगाये पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है आठ अक्टूबर को मनाए जाने वाले वायु सेना दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना इक्कीसवीं शताद्दी की सबसे शक्तिशाली और साहसिक वायू सेनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री ने वायू सेना में स्त्री पुरुष समानता सुनिश्चित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अपने सभी विभाग महिलाओं के लिए खोल कर वायु सेना ने एक मिसाल कायम की है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सफलता की कहानी बन चुका है और सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने विशेष अवसरों पर लोगों से खादी और हथकरघा उत्पादों की खरीद के बारे में भी सोचने को कहा जिससे अनेक बुनकरों को लाभ होगा

न्यूयार्क में कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को यह बात स्वीकार करनी होगी कि संस्था में ये सुधार केवल ऊपरी तौर पर नहीं होने चाहिए उन्होंने मौजूदा समय के अनुरूप व्यापक सुधारों पर बल देते हुए कहा कि ये आज से ही शुरू होने चाहिए

आज सुरक्षा परिषद दूसरे विश्व युद्ध के पांच विजेताओं तक ही सीमित है क्या इसे आज के युग के अनुकूल माना जा सकता है श्रीमती स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय आंतकरोधी समझौता सी सी आई टी पारित करने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपनी मंशा और विद्वेष को दोमूंही बातों से छिपाने में भी उसे महारथ हासिल है विदेश मंत्री ने कहा कि मुम्बई आतंकी हमले का षडयंत्रकारी अब भी पाकिस्तान में है और उसे चुनाव लड़ने और ख्लेआम भारत को धमकी देने की छूट है सरकार ने मोबाईल फोन बनाने में काम आने वाले पैंतीस कलपुर्जों को सीमाशुल्क से छूट दे दी है इसका उदेश्य देश में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देना है एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय ने मदर बोर्ड कोटिंग मशीन पीसीबी असैम्बली लोडर और अनलोडर जैसे कलपूर्जो पर सीमा शुल्क में छट का फैसला किया है उद्योग समूह इंडियन सैल्यूलर एंड इलैक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री राम कुमार वर्मा का आज लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह इकसठ वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे उनका अन्तिम संस्कार कल जिले के गोला क्षेत्र के उनके पैत्रक गांव उदरहना में किया जाएगा